प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया है नया नाम आज ही से प्रभावी हो गया है यह फैसला आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया मंत्रिपरिषद ने ललितपुर जिले की पाली तहसील के तेईस गांवों को सदर तहसील में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है इन गांवों के रहने वालों को पाली तहसील मुख्यालय जाने के लिए प्राकृतिक अवरोधों की वजह से बहुत दूर जाना पड़ता था जबकि इन गांवों के निवासियों को सदर तहसील जाने के लिए आवागमन के साधनों की सहज उपलब्धता है और उनके लिए सदर तहसील पहुंचना आसान भी है बैठक में गोरखपुर ज़िले में बंद पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की पचास एकड़ भूमि बायोमास आधारित एथनाल प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन को तीस वर्ष की लीज पर स्थानान्तरित करने का फैसला किया गया है राज्य में गन्ने की अच्छी पैदावार के मद्देनजर गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने और लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने व रोजगार सूजन के लिए नई खांडसारी लाइसेंसिंग नीति को भी मंजरी दी गई है यह नीति पहली अप्रैल दो हजार अट्ठारह से प्रभावी मानी जायेगी नीति के तहत गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से से मुक्त रहेगी काबीना ने एटा देवरिया सिद्धार्थनगर फतेहपुर गाजोपुर हरदोई और प्रतापगढ़ ज़िलों में राजकीय मडिकल कॉलेजों की प्रायोजना के लिए ख़र्च प्रस्ताव अनुमोदित करने के साथ साथ आंतरिक फनिशिंग कार्यो में उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल किये जाने के प्रस्तावों को भी मंज्री दे दी है इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पैदा करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत भारतीय गोवंश की गाय के दूध की सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को नन्दबाबा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनभावनाओं के अनुरूप इलाहाबाद का नाम बदला गया है पांच सौ साल पहले इसका नाम प्रयाग ही था त्रिवेणी का संगम होने के कारण यह प्रयागराज हुआ नामकरण का विरोध करने वालों को इतिहास और परम्परा की जानकारी होनी चाहिए श्री योगी आज गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मण्डलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ साथ हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और दो जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बना रहो है उन्होंने कहा कि गोरखपुर और वाराणसी म एम्स की तज पर संस्थान बनाने का काम प्रगति पर है बाइट गोरखपुर में एम्स का कार्य प्रगति पर है

बीएचयू में एम्स जैसा संस्थान वहां बनाने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है

राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि प्रदेश के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं श्री नाईक आज सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराधों में खासी कमी आई है राम मंदिर निर्माण के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत के फैसले के बाद मामले का समाधान हो जायेगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वाहन खरीदते समय दीर्घकालिक अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सीपीए स्वैच्छिक है और बीमा कम्पनियां एक वर्ष या पांच वर्ष के सीपीए का अनिवार्य रूप से विकल्प देंगी नियामक ने बीमा कम्पनिया को इस बारे में जरूरी निर्देश जारी किये हैं नियामक के इस स्पष्टीकरण से नई गाड़ियां खरीदने वालों को काफो राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अभी बीमा कम्पनियां खरीदारों को पांच वर्षीय सीपीए की ही पेशकश कर रही हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए जल्द ही एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जायेगा उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे की तरह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाए उपलब्ध कराई जायेंगी

उन्होंने कहा कि एम्बूलेंस के जरिये इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी एम्बुलेंस में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा से संबंधित सभी एडवांस सवाएं मुहैया रहेंगी ताकि हादसे में घायल व्यक्तियों को मौक पर ही समुचित उपचार प्रदान किया जा सके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की नौ सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिये आम नागरिकों को मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव संध्या तिवारी ने लखनऊ में बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है यह सेवाएं मूल प्रमाण पत्र डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मूल अंकपत्र डुप्लीकेट अंकपत्र संशोधित प्रमाण पत्र संशोधित अंकपत्र निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण रोके गये परीक्षाफल का निस्तारण अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को दुरूस्त करने से संबंधित हैं प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन आज माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है वहीं दूसरी ओर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कल दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के बाद श्रद्वालुओं में भारी उल्लास है उधर मिर्जापुर के विन्ध्याचल धाम में नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है श्रद्धालु माँ विन्ध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरो कर रहे हैं आज रात महानिसा की पूजा में हिस्सा लेने के लिए वाममार्गी और दक्षिणमार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा है इस बीच बलरामपुर स्थित देवीपाटन और सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित शक्तिपीठों और मंदिरों में भी श्रद्वालु भक्तिभाव से माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप का पूजन दर्शन कर रहे हैं धार्मिक विद्वान और परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने स्वच्छ भारत मिशन को स्कूलों कॉलेजों और जनसमुदाय का अभिन्न अंग बनाने की जरूरत पर बल दिया है इस अभियान के प्रचार प्रसार के तहत आज उन्होंने लखनऊ में शिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा किया और समरसता तथा सद्भाव के प्रतीक के रूप में व्रक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया

इस अवसर पर मौलाना कल्बे सादिक ने स्वामी चिदानन्द को स्वच्छता और समभाव का दूत करार देते हुए कहा कि छात्रों और जनसमुदाय में स्वच्छता के संस्कारों को विकसित करने की जरूरत है केन्द्र सरकार ने सौभाग्य कार्यक्रम के तहत हर घर को बिजली कनेक्शन देने में अग्रणी राज्यों के लिए सौ करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों के अलावा कर्मचारी भी सामूहिक रूप से पचास लाख रुपये के पुरस्कार के पात्र होंगे कल नई दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आरकेसिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया